जल जीवन मिशन ने देशभर में साढ़े तीन करोड़ ग्रामीण घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान कर बनाया नया रिकॉर्ड प्रदेश भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग व कार्य समिति की तीन दिवसीय बैठक आज से धर्मशाला में शुरू और कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि को लेकर शिमला में किया धरना प्रदर्शन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

इस योजना का लक्ष्य भारत में द्रसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के अलावा मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए द्रसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना भी है

जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है

शत प्रतिशत नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा रोजगार व सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया है प्रदेश विश्वविद्यालय के वार्षिक कोर्ट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विश्विद्यालय के अधिकारियों को समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए युवाओं में साहस व क्षमता का निर्माण करने को भी कहा राज्यपाल ने कहा कि आंतरिक प्रकियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए उन्होंने शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियां आयोजित कर विद्यार्थियों को विभिन्न चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने पर भी जोर दिया इस बीच छात्र संगठन एनएसयूआई ने विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा महेंद्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकर ने कहा है कि मंडी जिले के जोगिन्द्रनगर शहर व आसपास के गांव के लिए जल्द ही नई पेयजल योजना बनाई जाएगी जोगिन्द्रनगर में आज जन समूहों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का शीघ्र ही मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र शिलान्यास करेंगे

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का आहवान किया है चंबा में सड़क सुरक्षा माह के समापन अवसर पर आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए योजना बनाई जाएगी

उधर कुल्लू में सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए एडीएम एस के पराशर ने कहा कि जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया मंडी जिले के एडीएम श्रवण मांटा ने भी लोगों से सड़क सुरक्षा की मुहीम को सफल बनाने में सहयोग की अपील की सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के समापन पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क नियमों का सही पालन करने से ही दुर्घटनाओं में कमी संभव है मुख्य सचिव परिवहन विभाग द्वारा आज राष्ट्रीय सुरक्षा माह के तहत शिमला में कार्यशाला आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव अनिल खाची ने की इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल महीनभर चलने वाला कार्यक्रम नहीं है बल्कि जीवन भर जारी रहने वाला जागरूकता अभियान है उन्होंने कहा कि कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं जिनका उचित पालन किया जाना चाहिए अनिल खाची ने परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया भाजपा प्रदेश भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग व कार्य समिति की तीन दिवसीय बैठक आज धर्मशाला में अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में शुरू हुई इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा ग्राम सभा से विधानसभा तक के नए नारे के साथ काम करेगी उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षो में प्रदेश में भाजपा सरकार की कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप हिमाचल नई ऊंचाईयों की ओर बढ़ रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है और कांग्रेस के पास सरकार की आलोचना करने के लिए कोई भी स्थायी मुद्दा नहीं है जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के प्रथम तीन सालों के विकास कार्यो की तुलना में भाजपा सरकार ने लगभग दोगुना विकास किया है प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना सह प्रभारी संजय टंडन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी इस दौरान मौजूद रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल प्रदेश कार्यसमिति के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे युवा कांग्रे स प्रदेश युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल व रसोई गैस की कीमतों में की गई वृद्धि के विरोध में आज शिमला में आक़ोश रैली निकाली युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि सरकार मंहगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद देश में पहली बार पेट्रोल की कीमत सौ के पार पहुंच गई है महिला कांग्रेस ने भी बढ़ती मंहगाई के खिलाफ शिमला में विरोध प्रदर्शन किया प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने मंहगाई के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है उन्होंने कहा कि जन विरोधी नितियों के खिलाफ कांग्रेस आगामी समय में भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी नडुडा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार से दिल्ली में भेंटकर उनकी पत्नी संतोष शैलजा के निधन पर दुख व्यक्त कर उन्हें सांत्वना दी नड्डा ने कहा कि उनके निधन से जहां परिवारजनों को आघात लगा वहीं साहित्य जगत को भी क्षति हुई है

इसके खुलने से घाटी में पहुंचने वाले पर्यटकों व आम जनता को राहत मिली है